प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक डेढ़ किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा रेलमंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे

गौरतलब है कि पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खण्ड हरियाणा और राजस्थान में आता है नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाडियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाडी मानेसर नारनौल फूलेरा और किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा

झुंझुन् में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना और जायका परियोजना के तहत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के नहरी क्षेत्रों में डिग्गीयों का निर्माण किया जायेगा

डिग्गी निर्माण पर किसानों को तीन लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा परियोजना में सहायता प्राप्त करने वाले किसानों को खेत में सुक्ष्म सिंचाई संयंत्र सुविधा लगाने के प्रयास करने होंगे सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित करना होगा प्रदेश में आज सुबह भी कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में सुबह दस बर्ज तक कोहरे के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा बारां में भी कोहरे का असर देखा गया मौसम विभाग के अनुसार आज जहां कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई वहीं क्छ एक स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस तीन दशमलव चार डिग्री से बढ़कर माइनस एक डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया

मौसम विभाग ने जयपुर और भरतपुर सम्भाग के जिलों में कल हल्की बारिश की संभावना जताई है